भारत सरकार की जनआरोग्य योजना आयुष्मान भारत सभी वर्गो के लिए साबित हो रही संजीवनी मौजूदा सर्दियों में फिर से खुलेगा रोहतांग दर्रा बीआरओ द्वारा बर्फ हटाने का कार्य शुरू सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने के साथ ही प्रदेश में सुशासन समग्र विकास और जनसेवा के नए युग का सुत्रपात हुआ है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सब का साथ सब का विकास के मूल मंत्र को अपनाते हुए आम आदमी के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है सुरेश भारद्वाज आज शिमला जिला के चौपाल उपमंडल के थरोच में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के अतिरिक्त भवन के लोकार्पण के बाद छात्रों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्कूल के वार्षिक समारोह और अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की

इस इन्वेस्टर मीट में प्रदेश को एक आदर्श निवेश स्थली के रूप में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ये बात उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कही उद्योग मंत्री ने कहा कि शासन तक सहज पहुंच पारदर्शी कार्य प्रणाली बेहतरीन कानून व्यवस्था भयमुक्त वातावरण और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदेश के वह अतिरिक्त शक्ति बिंदू हैं जो निवेश को आकर्षित करने में सहायक हैं कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि महिला शक्ति केन्द्र योजना के लागू होने से राज्य की ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में मदद मिलेगी साथ ही ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी मददगार होंगी राजीव सैजल ने आज शिमला में कहा कि इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका अवसरों से जोड़ना और प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल उन्नयन की परिकल्पना करना है सैजल ने बाद में शिमला जिला के बलग में जिलास्तरीय एकादशी मेले का उद्घाटन भी किया अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार की एकीकृत ऊर्जा विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति तथा वितरण में व्यापक सुधार हुआ है

उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सरकार की ये योजनाएं उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार कृषकों व बागवानों की आर्थिकी में और सुधार लाने के लिए प्रयासरत है मारकंडा आज शिमला में किसानों व बागवानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा गांवों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा गोबिंद सिंह वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने अध्यापकों और अभिभावकों का आहवान किया है कि वे भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करें गोबिंद ठाकुर आज बिलासपुर में सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिक समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर दिया वन मंत्री ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा माध्यम से देश व दुनिया को नई दिशा दे रही है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी

इस योजना में राज्य के वह सभी परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं आते आयुष्मान सोलन भारत सरकार की जनआरोग्य योजना आयुष्मान भारत सभी वर्गों के लिए संजीवनी साबित हो रही है

विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को आरंभ हुए अभी दो महीने का समय भी नहीं बीता है लेकिन इस योजना के तहत निशुल्क इलाज करवाने वालों की संख्या लगातार उंचाईयां छूं रही है क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे सलोगड़ा निवासी धर्मेन्द्र चौहान के अनुसार आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद कोई भी गरीब अब इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा सोलन के साध्यपुल निवासी राजेन्द्र आयुष्मान भारत योजना के तहत न् केवल अपनी पत्नी का डायलिसिस करवा पा रहे हैं बल्कि शीघ ही किडनी द्वांसप्लांट भी करवाने जा रहे हैं राजेन्द्र का कहना है कि उनके जैसे गरीब लोगों के लिए ये योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है

प्रादेशिक समाचार के लिए सोलन से लक्ष्मीदत्त की रिपोर्ट सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस एकजुट है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे सुक्खू ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस के सम्मेलनों मे जुट रही भीड़ से बोखला गए हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि वीरभद्र सिंह और विद्या स्टोक्स कांग्रेस के स्टार प्रचारक है तथा पार्टी उन्हें समय आने पर फिल्ड में उतारेगी प्लिस प्रदेश पुलिस विभाग के अधिकारियों ने पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एससी मलिक के निधन पर गहरा दुख जताया है दिवंगत मलिक के निधन पर आज पुलिस मुख्यालय शिमला में डीजी पी सीताराम मरढ़ी की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई मरढ़ी ने इस मौके पर कहा दिवंगत मलिक को अपनी ईमानदारी सरलता और प्रभावी नेतृत्व के लिए हमेशा याद रखा जाएगा राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि खेलें हमेशा ही रोमांच और जिन्दादिली की भावना पैदा करती है सेंटर आफ एक्सिलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों से खेल को सच्चे खिलाड़ी की भावना से खेलने का आहवान किया उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य व अनुशासन के बारे में जागरूक करना है

लाहौल जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन ने इस दर्रे को मौजूदा सर्दियों के सीजन में अंतिम बार यातायात के लिए खोलने का निर्णय लिया हैं ताकि घाटी में फंसे वाहनों और लोगों को निकाला जा सके लाहौल स्पीति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज केलंग में कहा कि इसके लिए आज से मनाली की ओर से बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए दर्रे के दोनों ओर मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित की गई है

प्रदेश की प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जयसिंहपुर के जमा दो के छात्र अभिषेक पहले समरहिल शिमला के प्लस वन के छात्र रवि ठाकुर दूसरे और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी की प्रिया ठाकुर तीसरे स्थान पर रहीं बिजली बोर्ड प्रदेश बिजली बोर्ड के अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने आज बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की उन्होंने इस मौके पर बोर्ड को और सशक्त बनाने पर जोर दिया ताकि लोगों की ज्यादा प्रभावी ढंग से सेवा की जा सके श्रीकांत बाल्दी ने कम वोल्टेज की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए बोर्ड को समयबद्व मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए